प्रधानमंत्री आज सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा

सरकार कल पहली मार्च से साठ वर्ष की आयु से ज्यादा के लोगों और पैंतालिस से उन्सठ वर्ष की आयु के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को कोविड का टीका लगाने का अभियान करेगी शुरू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत खिलौना मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और देश की सदियों पुरानी परंपराओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कृदम है भारत खिलौना मेले का कल वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से उदघाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के स्थानीय खिलौने अपेक्षाकृत अधिक सस्ते और पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं से निर्मित हैं उन्होंने भारतीय खिलौना निर्माताओं से पर्यावरण और मस्तिष्क के अनुकूल खिलौने बनाने का आहवान किया श्री मोदी ने कहा कि पहला खिलौना मेला व्यापारिक या आर्थिक गतिविधि नहीं है बल्कि देश के सदियों पुराने खेलों की संस्कृति को मजबूती प्रदान करने का आयोजन है श्री मोदी ने कहा कि भारत में शुरू हुआ शतरंज का खेल विश्वमर में प्रसिद्व है उन्होंने कहा कि भारत में शतरंज पहले चत्रंग या चद्रंग और लूडो को पच्चीसी के रूप में खेला जाता था प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के खिलौना उद्योग में बहुत बड़ी ताकत छिपी है और आत्मनिर्मर भारत अभियान से इसमें और वृद्धि हो रही है खिलौनों के बेत्र में भारत के पास क्रोडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है

हम दुनिया को ईको फ्रॅडली टॉक्स की और वापस लेकर जा सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कम्यूटर गेम्स के जरिए भारत की कहानिर्यो भारत की जो मूलभूत मूल्य हैं उन कथाओं को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं लेकिन इन सबके बावजूद सौ बिलियन डॉलर के वैश्विक खिलौना बाजार में आज हमारी हिस्सेदारी बहुत ही कम है

हमें खेल और खिलौनों के बेत्र में भी देरा को आत्मनिर्भर बनाना है

श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है नई राष्ट्रीय रिक्षा नीति में है प्ले आघारित और गतिविक्षि आघारित शिक्षा को बड़े पैमाने पर सामिल किया गया है एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें बच्चों में पहलियों और खेलों के माध्याम से तार्किक और रचनालक सोच बढ़े इस पर विशेष ध्यान दिया गया है श्री मोदी ने कहा कि अगर आज मेड इन इंडिया की मांग है तो हैंड मेड इन इंडिया की मांग भी उतनी ही है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में टॉय टूरिज्म की संभावनाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है राज्यों को बराबर भागीदार बनाकर टॉय क्लस्टर विकसित करने का प्रयास किया गया है श्री मोदी ने देश के विभिन्न स्थानों सहित वाराणसी के कश्मीरीगंज खोजवा के लकड़ी के खिलौना उद्योग से जुड़े रामेश्वर सिंह से संवाद करते हुए कहा कि खिलौना कारोबारियों को खिलौने बनाने में प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिये इस अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि खिलौना मेले में ग्यारह राज्यों के पेवेलियन दिखाई देंगे दो मार्च तक जारी रहने वाले इस आयोजन में एक हजार से ज्यादा खिलौना निर्माता भाग ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की चौहत्तर्यी कड़ी होगी आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डॉट काम और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा आकाशवाणी से हिन्दी में प्रसारण के फौरन बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसे प्रसारित किया जायेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है लेकिन इन सबके बावजूद कोरोना की रोकथाम और उपचार की प्रभावी प्रणाली को बनाए रखना आवश्यक है उन्होंने कहा कि इस संबंध में थोड़ी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है इस बीच महाराष्ट्र केरल और उन राज्यों से आने वाले लोग जहां कोविड नाइन्टी संक्रमण बढा हुआ है उन्हें जरूरी तौर पर कोविड परीक्षण के तहत रखा गया है और राज्य में जरूरत के अनुसार संगरोध में रखा गया है

मृष्यमंत्री योगी आरित्यनाथ ने निर्देश दिये हैं कि टीकाकरण की पूरी कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा निर्वारित देश दिशा निर्देशों और क्रम के अनुसार संचालित की जाए उन्होंने कहा कि जिन लोगों को टीका तगना है उनको टीकाकरण के बारे में पहले से ही दिन स्थान और समय की जानकारी उपलब्ध करा दी जाए

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ कल पहली मार्च से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान के दौरान निजी अस्पताल कोविड का टीका लगाने के लिए दो सौ पचास रुपये तक वसूल सकते हैं सरकार साठ वर्ष की आय़ से ज्यादा के लोगों और पैतालिस से उन्सठ वर्ष की आय़ के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को कोविड का टीका लगाने का अभियान कल से शुरू करेगी दस हजार सरकारी अस्पतालों में कोविड नाइन्टीन का टीका मुफ्त लगेगा जबकि बीस हजार निजी अस्पतालों में लगने वाले टीके का भार लोगों को वहन करना होगा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को राज्य सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी निजी अस्पतालों को संबद्व करने की स्वतंत्रता दी गई है राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्वास्थ्य सुविघाओं और सभी सरकारी स्वास्थ्य सुविघाओं का इस्तेमाल टीकाकरण के लिए कर सकते हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशकों से वीडियो काफ्रेंस के जरिये टीकाकरण के संबंध में बातचीत की बैठक के दौरान राज्यों को पंजीकरण के तीन तरीकों के बारे में बताया गया

राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कल लखनऊ में मीडिया को यह जानकारी दी श्री सहगल ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में कोरोना से संक्रमित अट्ठहत्तर नये मामले आये हैं जबकि इसी अवधि में एक सौ पन्द्रह और अब तक पांच लाख बान्नबे हजार पांच सौ छप्पन लोग इस संक्रमण से ठीक होकर डिस्वार्ज हो चुके हैं उन्होंने बताया कि राज्य में सैम्पिल की जांच का सिलसिला लगातार जारी है राज्य में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण और कर चोरी रोकने के लिये तैंतीस जिलों में सचल जांच दल बनाये गये हैं